उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला उत्थान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की है मुख्यमंत्री आज शिमला से भाजपा महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य महिला मोर्चा ने प्रदेश के लोगों को फेस मास्क बनाने और वितरित करने में सराहनीय कार्य किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला मोर्चा ने प्रदेश में कर्फ्यू के समय जरूरतमंद लोगों को राशन और भोजन उपलब्ध करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहतकर ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक साल में आरम्भ की गई योजनाओं से देश में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हुई है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए इन लोगों में अधिकांश बाहरी राज्यों से हिमाचल लौटे हैं

जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन नहीं आ जा सकेगा सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी जबकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को घर द्वार पर ही की जाएगी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति में कूड़े के प्रबंधन के लिए विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ किया ये अभियान साडा व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व वन विभाग द्वारा चलाई जा रही सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत चलाया जाएगा इस अभियान के तहत घरों से ही कूड़े को अलग कर सफाई कर्मचारियों को देना होगा मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में स्वच्छता बनाए रखना है ताकि लोग बीमारियों से बचे और जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले इस मौके पर महिला मण्डलों और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को उपायुक्त केके सरोच ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अनसुई और अम्बाडी में महिला मण्डलों को चैक वितरण के उपरांत जनसमूह को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं कमजोर वर्गों किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए वचनबद्व है सरवीण चौधरी ने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है

मौसम विभाग द्वारा जारी पुर्वानुमानों में कहा गया है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं

इस दौरान अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है

यात्रा किन्नौर जिला प्रशासन ने अगस्त महीने में आरम्भ होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया है उपायुक्त गोपाल चन्द ने कहा कि कोरोना के चलते सरकार ने धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है